उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने पी एम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी एम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने पी एम स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है और इससे काम तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है उन्होंने कहा इससे योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती है

वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्य्म से हुए इस वर्चुअल समझौते के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए सभी आवश्यक किट्स और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा राज्य में मार्शल आर्ट्स वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग खेलों के प्रशिक्षण के लिए कोच और अन्य जरुरी सुविधाओं का विकास केंद्रीय खेल विभाग प्राथमिकता के आधार पर करेगा अपने संबोधन में रिजिज् ने कहा कि सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के संबंध में आज हुए समझौते से खेलों के विकास के लिए आवंटित धनराशि से त्वरित गति से खेल सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा राज्य के खेल एवं युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस को लेकर हुए समझौते के बाद राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा

उन्होंने कहा कि राजधानी ईटानगर से लगा जोते भविष्य में राज्य का एज्केशन हब होगा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद एन आई टी परिसर के निर्माण कार्य को देखकर बहत संतोष हआ है और उम्मीद की कि एन आई टी अरुणाचल भविष्य बहत अच्छा कार्य करेगा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में पाप्मपारे जिले की पैतीस वर्षीय एक महिला और असम के पचपन वर्षीय एक प्रुष की कोविड से कल मृत्य् हो गई राज्य में कल कोविड के एक सैतालीस ने मामले दर्ज किए गए जबकि दो सौ इकतीस रोगी स्वस्थ हुए राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर चौरासी दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है और मृत्यु दर शून्य दशमलव दो चार प्रतिशत है सोमवार को आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छप्पन वेस्ट सियांग से सत्रह लोहित और ईस्ट सियांग से नौ नौ अपर सियांग से आठ नामसाई और लोअर दिबाग वैली से सात सात लेपारादा और अपर स्बनसिरी जिले से छह छह पाप्मपारे से पांच वेस्ट कामेंग और तिरप से चार चार चांगलांग और लोंगडिंग से दो सो मामले शामिल है

इससे बांग्लादेश के लिए अंतर राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी यातायात तेज़ तथा निर्बाध रूप से श्रू हो जाएगा श्री गडकरी ने घोषणा की कि अगरतला में चार लेन के बाईपास सहित चार और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डी पी आर तैयार की जायेगी

इन राजमार्गों से त्रिप्रा में विभिन्न पर्यटन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के लिए बेहतर सम्पर्क त्वरित और स़्रक्षित यातायात की स़ुविधा मिलने से पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी